प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बातचीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोलह और सत्रह जून को दोपहर तीन बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे सोलह जून को प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ पंजाब असम केरल उत्तराखंड झारखंड त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश सहित इक्कीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता करेंगे इससे अगले दिन श्री मोदी महाराष्ट्र तमिलनाडु दिल्ली गुजरात राजस्थान और उत्तरप्रदेश सहित पंद्रह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे देश में कोरोना वायरस के बढते मामलों को देखते हए यह बैठक बहत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यह छठी बैठक होगी वर्तमान में देश भें लॉकडाउन का पांचवा चरण चल रहा है और इस चरण में लोगों को पहले की तुलना में काफी सहूलियत दी गई है देश में अनलॉक वन जारी है और इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान की है

नगरीय निकाय जमीन आवंटन प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर काबिज लोगों के साथ ही अन्य लोगों को आवासीय व्यावसाथिक या अन्य प्रयोजन के लिए शासकीय भूमि आवंटित की जाएगी राज्य शासन ने शासकीय भूमि के आवंटन और व्यवस्थापन के संबंध में राजस्व प्रस्तक परिपत्र के प्रावधानों में आंशिक संशोधन करते हुए जिला कलेक्टरों को अधिकार दिया है राज्य शासन द्वारा केन्द्र और राज्य के विभागों निगम मंडलों तथा आयोगों को शासकीय भूमि के आवंटन का अधिकार भी कलेक्टरों को दिया गया है नगरीय क्षेत्रों में साढ़े सात हजार वर्गफीट तक शासकीय भूमि का तीस साल के पट़टे पर आवंटन और अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार भी कलेक्टरों को दिया गया है जबकि साढ़े सात हजार वर्गफीट से अधिक शासकीय भूमि के आवंटन तथा अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार राज्य शासन को होगा इसी प्रकार राज्य शासन ने भूमि स्वामी या पट़टेदार को भू भाटक की अदायगी के मामले में भी विशेष रियायत दी है पंद्रह वर्ष का भ भाटक एकमश्त भुगतान करने पर आगामी पंद्रह वर्ष के भ भाटक से छट रहेगी राज्य शासन के इस निर्णय से जिला स्तर पर भूमि आवंटन और व्यवस्थापन के मामलों को पूरी पारदर्शिता के साथ सहजता और शीघता से निराकृत किया जा सकेगा वहीं इसका लाभ कब्जाधारियों सहित अन्य इच्छुक लोगों को भी मिलेगा भाजपा वीडियो कॉन्फ्रें स सभा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा कल चौदह जून से प्रदेशमर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा का आयोजन किया जाएगा ये सभाएं बाईस जून तक होंगी अभियान के संयोजक राजेश मूणत ने बताया कि जून माह के अंत में पार्टी की ओर से वर्च्यअल रैली भी रखी जाएगी जिसे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन प्राप्त होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा की शुरूआत कल चौदह जून को राजनांदगांव जिला जनसंवाद वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सभा से होगी इस सभा को भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय संबोधित करेंगे इसी दिन दोपहर को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रायपूर शहर जिला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा को संबोधित करेंगे जबकि शाम को जांजगीर चांपा जिला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा को भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद सरोज पांडेय संबोधित करेंगी इसी तरह बाईस जन तक होने वाली अन्य जिला स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभाओं को पार्टी के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे श्री मूणत ने बताया कि कार्यकर्ताओं और प्रदेश के लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाओं से जूडने के लिए लिंक जारी किए जा रहे हैं ताकि उन्हें केन्द्र सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं से अवगत कराया जा सके भाजपा बालोद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता केन्द्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं इसी कड़ी में बालोद जिले में भी पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को केन्द्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे भाजपा के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने बताया कि जिले में इस अभियान की शुरूआत ग्रामीण मंडल से की जाएगी दुकान समय प्रदेश में अनुमति प्राप्त दुकानों व्यावसायिक और अन्य प्रतिष्ठानों को अब सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक खोला जा सकेगा पूर्व में राज्य सरकार द्वारा दुकानों को सुबह सात से शाम सात बजे तक ही संचालन की अनुमति दी गई थी सामान्य प्रशासन विभाग ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त सभी दुकानों व्यावसायिक और अन्य प्रतिष्ठानों के संचालन के संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं द्रकानों के संचालन के संबंध में पूर्व में जारी अन्य निर्देश यथावत् लागू रहेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय दिशा निर्दे श केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में कार्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं केवल ऐसे कर्मचारियों या आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं होंगे प्रवेश द्वार या कक्ष में सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान अनिवार्य होगा कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग होंगे पार्किंग स्थलों और कार्यालय परिसरों के बाहर भीड़ से बचने के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए समय समय पर प्रभावी स्वच्छता और नियमित साफ सफाई भी की जानी चाहिए फेस कवर मास्क दस्तानों के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था होनी चाहिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि धार्मिक स्थलों में जाते समय जूते चप्पल अपने वाहन के अंदर रखने चाहिए मूर्तियों धार्भिक ग्रन्थों या पुस्तकों को स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए समूह में पूजा या भजन अथवा मंत्रोच्चारण की अनुमति नहीं होनी चाहिए इसके बजाय रिकॉर्ड किये गये मजन और आरती की व्यवस्था होनी चाहिए इसी तरह शॉपिंग मॉल में डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए

कोरबा जिले से सबसे अधिक बारह मरीज मिले हैं वहीं बेमेतरा से दस बलौदाबाजार से नौ राजनादगाव और बिलासपूर से आठ आठ और कबीरधाम जिले से पांच कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं इसके अलावा रायपुर से चार बलरामपुर से तीन दूर्ग से दो और धमतरी दंतेवाड़ा तथा कोरिया से एक एक मरीज मिला है इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब पंद्रह सौ ग्यारह हो गई है बेमेतरा जिले में आज मिले दस मरीजों में नौ मरीज ढोलकिया के संक्रमित मरीज के संपर्क में आए थे इधर बलौदाबाजार जिले में नौ नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इनमें आमगांव से तीन और भटगांव सरसींवा चकरदा ढेबा तथा लोरितखार से एक एक मरीज शामिल हैं इन क्षेत्रों को कंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिया गया है और मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों की खोजबीन की जा रही है इसी तरह राजनांदगांव जिले में भी आज कोरोना संक्रमित आठ मरीजों की पहचान हुई है इनमें एक भारत तिब्बत सीमा पूलिस आईटीबीपी का जवान भी शामिल है वहीं खैरागढ़ और मानपूर से तीन तीन तथा मोहला और सदर बाजार से एक एक मरीज मिला है वहीं दूर्ग जिले में आज कोरोना संक्रमित दो मरीजों की पहचान हुई है जिनमें दूर्ग के तितूरडीह की सात वर्षीय बच्ची भी शामिल है जबकि द्सरा मरीज चरौदा का रहने वाला बताया जा रहा है इधर रायपुर जिले में मिले तीन मरीजों में एक आमानाका दूसरा डगनिया और तीसरा मरीज खरोरा से है इस बीच एम्स रायपुर और माना अस्पताल से महासमुद जिले के तीन मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है दूसरी ओर जांजगीर चांपा जिले में कल मिले तेरह नए मरीजों के बाद जिले में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या एक सौ छह हो गई है कोरोना जिला राजनांदगांव जिले में अनुमति प्राप्त दुकानें अब सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खोली जा सकेंगी साथ ही कल रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा जिला कलेक्टर ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं वहीं राजनादगाव जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कृलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं इसमें कहा गया है कि निजी स्कूल संचालक लॉकडाउन अवधि में फीस नहीं वसूल सकेंगे इस बीच राजनांदगांव के शंकरपुर वार्ड में कृछ हिस्सों को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है जहां के प्रभावित परिवारों को महापौर हेमा देशमुख द्वारा खाद्यान्न सहित अन्य आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही हैं उधर महासमुंद जिले के ग्राम आवलाचक्का में क्वारेंटाइन सेंटर में रह रही एक प्रवासी महिला को होम क्वारेंटाइन कर दिया गया था बाद में इस महिला में कोरोना संक्रमण होना पाया गया क्वारेंटाइन नियमों का पालन नहीं किए जाने पर सरायपाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वहीं नोडल अधिकारी और एक कर्मचारी को नोटिस जारी किया गया है महासमुद जिले के बागबाहरा क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित करने के बाद यहां अत्यावश्यक वस्तूओं की आपूर्ति के लिए घर पहुंच सेवा शुरू की गई है मुख्यमंत्री समीक्षा प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे ताकि बरसात में लोगों को आवागमन में असुविधा न हो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को भी खराब सड़कों को सुधारने के लिए निर्देशित किया उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे सभी शासकीय भवन जो मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े हैं उन्हें पक्के पहंच मार्ग से जोड़ा जाएगा साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी रायपुर के नजदीक खारून नदी के किनारे सौंदर्यीकरण और लगभग नौ किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा यह सड़क कम्हारी मरघटा अमलेश्वर तक बनेगी इसके लिए लगभग साढे सत्तर करोड रूपये की कार्ययोजना बनाई गई है बैठक में मुख्यमंत्री ने एशियन विकास बैंक की सहायता से लगभग बारह सौ किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए चार हजार करोड़ रूपये का ऋण लेने की कार्ययोजना को भी मंजूरी दी धान संग्रहण केन्द्र चबृतराशेड प्रदेश के संग्रहण केन्द्रों में बन रहे चबूतरों में अब शेड का निर्माण भी किया जाएगा ताकि समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान को बारिश में भीगने से बचाया जा सके राज्य शासन द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा और अन्य विभागीय योजनाओं के मद से संग्रहण केन्द्रों में चार हजार छह सौ बाईस चबूतरों का निर्माण किया जा रहा है इनमें से आधे से अधिक चबूतरों के निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है चबूतरों में शेड लगाने के लिए अन्य योजनाओं से राशि का प्रावधान किया जाएगा टिड्डी दल अलर्ट टिड़िडयो का दल प्रदेश के राजनांदगांव और कबीरधाम जिले के करीब पहंच चुका है कल तक टिड़िडयों का एक दल महाराष्ट्र के तिकोड़ा के पास था जो राजनादगांव जिले की सीमा से करीब चालीस किलोमीटर दूर है आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अगर हवा की दिशा नहीं बदली तो टिडिडयो का यह दल राजनांदगांव जिले में प्रवेश कर सकता है वहीं टिडिडयों का एक और दल कबीरधाम जिले के चिल्फी घाटी क्षेत्र से लगे मध्यप्रदेश की सीमा पर मंडरा रहा है टिडिडयों के प्रदेश में प्रवेश करने की आशंका के बाद कृषि विमाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया है बीते मई माह में भी टिडिडयों का दल कबीरधाम जिले की सीमा से लगे मंडला जिले में विचरण कर रहा था अब फिर यह दल छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है विश्व रक्तदाता दिवस कल विश्व रक्तदाता दिवस है इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की है राज्यपाल ने कहा है कि रक्तदान एक पुनीत कार्य है समी दानों में रक्तदान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इससे किसी का जीवन बचाया जा सकता है वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोग रक्तदान के महत्व को समझें रक्तदान करने में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता बल्कि रक्तदान जीवन रक्षा और पुण्य का काम है इस बीच रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज बिलासपुर में विभिन्न संगठनों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया पूर्व कलेक्टर कार्रवाई दुष्कर्म के मामले में फंसे जांजगीर चांपा जिले के पूर्व कलेक्टर और निलंबित आईएएस अधिकारी जनक प्रसाद पाठक के खिलाफ अब अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है बीते तीन जन को एक महिला ने पूर्व कलेक्टर पर काम दिलाने के बहाने कार्यालय में बुलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी पूर्व कलेक्टर फरार है रेलवे लदान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा नये और अतिरिक्त यातायात के सुजन तथा माल लदान में वृद्धि के लिए कार्गों सुविधा यूनिट बनाकर कार्य किया जा रहा है रेलवे के महाप्रबंधक ने इस संबंध में अधिकारियों तथा ग्राहकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की अधिकारियों ने बताया कि कार्गों सुविधा यूनिट का कार्य मुख्य रूप से पारंपरिक लदान के अतिरिक्त नये लदान की वस्तुओं को चिन्हित कर रेल लदान को बढ़ाते हुए राजस्व में वृद्धि करना है मौसम मौसम विमाग ने प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है वहीं अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पडने की संभावना है मौसम विमाग के मुताबिक दक्षिण पूर्वी मानसून बस्तर और रायपुर से होते हुए बिलासपुर संभाग में प्रवेश कर गया है मानसून की दस्तक के साथ ही राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बीते चौबीस घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत चिल्हाटी क्षेत्र में बारिश के कारण नाले उफान पर हैं संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी में सेवारत् रहे दिवंगत कर्भियों के सत्ताईस आश्रितों को आज अपने निवास कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किए अनुकंपा नियुक्ति पाने वालों में पच्चीस महिलाएं भी शामिल हैं महासमुद जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत तीन हजार से अधिक कार्यो के लिए लगभग अठासी करोड़ रूपये की राशि मंजूर की गई है

कोरबा जिले के दीपका क्षेत्र के ग्राम झोरकी में दंपत्ति ने एक बच्चे सहित आत्महत्या कर ली जांजगीर चांपा जिले में चंद्रपुर थाना क्षेत्र के बिलाईगढ़ में ट्रैक्टर के पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई रायगढ़ जिला पुलिस द्वारा लॉकडाउन के दौरान आयोजित विभिन्न रचनात्मक प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया गया रायगढ़ जिले में पुलिस ने बीस टन अवैध कबाड़ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है